नए संशोधित बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है सड़क हादसों के शिकार को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है तो वहीं इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा पैनाल्टी का प्रावधान है तय नियमों का उलंघन अब काफी महंगा होगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा

इस मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है संसद के दोनों सदनों से ये पहले ही पास हो चुका है

यह लैंगिंक न्याय की दिशा में मील का पत्थर है और समूचे देश के लिए संतोष का क्षण है

उन्होंने अपने दूसरे शासनकाल की पहली प्रगति बैठक में अधिकारियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने और इसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के समाधान में प्रगति की भी समीक्षा की इसके साथ ही बैठक में आयुष्मान भारत और सुगम्य भारत जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को और कारगर बनाने के लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ बातचीत करने की भी सलाह दी सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों के आसानी से प्रवेश के मुद्दे पर फीड बैक प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने जल शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए राज्यों से जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा स्लग समीक्षा बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में नाबार्ड से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को शेष प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर चिन्ता जताते हुए सभी विभागों को कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के निर्देश भी दिए स्लग सौंग बांध टिहरी टिहरी के जिलाधिकारी वी षणमुगम ने कहा है कि सौंग बांध परियोजना के निर्माण और प्रभावितों के हितों को ध्यान में रखकर अच्छी नीति बनायी जायेगी उन्होंने परियोजना के लिए क्षेत्रीय ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है देहरादून जिले की सीमा से लगे जौनपुर विकासखंड के क्षेत्र में सौंग बांध प्रस्तावित है बांध निर्माण की योजना की प्रक्रिया के अन्तर्गत सोशल इम्पैक्ट स्टडी के लिए जिलाधिकारी सौंग बांध परियोजना में प्रभावित हो रहे टिहरी जिले के घुड़साल रगड़ और सौधना गांव पहुंचे जिलाधिकारी देहरादून जिले के प्लेड क्षेत्र के ग्रामीणों से भी मिले उन्होंने परियोजना प्रभावित ग्रामीणों से विस्थापन सम्बन्धी मांग और सुझाव प्राप्त किये जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा रखी मांगों और सुझावों के आधार पर सोशल इम्पेक्ट रिपोर्ट डेढ़ महीने के भीतर शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी बांध के चारों ओर सड़क निर्माण को परियोजना में शामिल किया जायेगा ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकास के लिए सभी की भागीदारी होना जरूरी है

इस मौके पर विधायक चंदन राम दास ने कहा कि सहकारिता से किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा है लोगों को जैविक और शुद्ध उत्पादन मुहैया हो रहे हैं किसानों की आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है और स्थानीय उत्पादों को विपणन की सुविधा मिलने लगी है उन्होंने सहकारिता के तहत काम कर रहे महिला समूहों की सराहना की इस मौके पर सहायक प्रबंधक ने कहा कि विपणन केंद्र में उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे किसानों के उत्पादों का अधिकतम मूल्य मिल सके सहकारिता विपणन केंद्र की मांग के अनुसार अन्य सहकारिताओं के उत्पाद मंडुवा चौलाई बिस्कुट मसाला लाल चावल झंगोरा आदि का भी विपणन किया जाएगा स्लग सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यो की गुणवत्ता और समयबद्वता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं साथ ही आउटकम बेस्ड डिलिवरी परफॉर्मेंस पर भी जोर दिया है आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और तकनीकि शिक्षा विभाग की समीक्षा की

किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिकायत पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी

स्लग प्रसाद योजना चमोली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना के तहत बदरीनाथ धाम में सौन्दर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यदायी संस्था और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ प्रसाद योजना के तहत धाम में संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने काम की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई बद्रीनाथ मंदिर में सभी श्रद्वालुओं को अच्छे से दर्शन हो सके इसके लिए प्रसाद को सिंहद्वार के पास ही चढ़ाया जाएगा ताकि मंदिर के भीतर तक प्रसाद ले जाने से श्रद्दालुओं को असुविधा न हो जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था का फिलहाल कुछ दिनों तक ट्रायल किया जाएगा सही परिणाम मिलने पर यात्रा के पीक सीजन में इसको लागू किया जाएगा

आस्था पथ पर टिनशैड श्रद्वालुओं के विश्राम की व्यवस्था फिल्टर यॉटर शौचालय की व्यवस्था की जानी है इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट पार्किग स्थल और डस्टबिन आदि की भी व्यवस्था की जानी है वही ग्राम पंचायत माणा को हैरीटेज विलेज के रूप में बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है माणा में सीमांत क्षेत्र विकास निधि एवं स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ऑडिटोरियम म्यूजियम एम्पीथियेटर और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जिलाधिकारी ने सभी घरों को एक कलर स्कीम रखते हुए माणा में होम स्टे संचालन पर भी जोर दिया

घाटी में इन दिनों दो सौ से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं

इस साल दो महीने में साढ़े चार हजार से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं

बटर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डाआशीष चौहान ने संबंधित विभाग और दयारा पर्यटन समिति होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की उन्होंने दयारा पर्यटन समिति को बटर फेस्टिवल में बुग्यालों के अन्दर विचरण न किये जाने के सख्त निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने समिति को उच्च न्यायलय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वन विभाग की पूर्वानुमति के बाद ही बुग्याल परिसीमा से बाहर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा

स्वतन्त्रता दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने सभी कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये